मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय दहमींकला जयपूर में दस बच्चों को दूध पिलाकर इस योजना की शुरूआत की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को सेहत भो मिले इसलिये राज्य सरकार की ओर से यह प्रयास किया गया है इस अवसर पर शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी सांसद रामचरण बोहरा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस योजना की शुरूआत बच्चों को दूध पिलाकर की गई उदयपुर में गृह मंत्री गुलाबचन्द कटारिया ने इस मौके पर कहा कि बच्चे फलेंगे फूलेंगे तो प्रदेश फलेगा फूलेगा वहीं कोटा में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि इस योजना से पोष्टिक दूध बच्चों को मिलेगा तो उनको बीमारियों से रोकने में मदद मिलेगी उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो राजस्थान स्वस्थ्य होगा बीकानेर जिले में इस योजना की शुरूआत जल संसाधन तथा प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने बच्चियों को दूध पिलाकर कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह देश की अनूठी और अभिवन योजना है हनुमानगढ जिले में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में हुआ झालावाड़ मे जिला कलक्टर ने बच्चों को दूध पिलाकर इस योजना की श्रूआत की बांसवाडा में भी पंचायती राज राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बच्चों को दूध पिलाकर इस योजना की शुरूआत की

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी विद्यालय में पढ रहे बच्चों के नामांकन उपस्थिति में वृद्धि बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि करना है राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है जिसमें मिड डे मील के तहत दूध पोषाहार की पहल की गई है

महासंघ के संयोजक ने बताया कि आज प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षक कार्य करते हुए काली पटटी बांधकर अपना विरोध दर्ज करा रहे है

सहकारिता विमाग द्वारा यह अनूठी पहल की गई है

उन्होंने बताया कि छियानवां अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस सतत उपभोग एवं उत्पादन की थीम तथा सहकारिता के माध्यम से सतत समाज स्लोगन के साथ मनाया जा रहा है

यह दुर्घटना आमने सामने की टक्कर के कारण हुई ये तीनों युवक एक ही मोटरसाईकिल पर सवार थे जिनमें से दो युवकों की मौके पर ही मौत हुईजबकि एक घायल की उपचार के दौरान मौत हुई

यह रैली पांच जुलाई तक आयोजित की जायेगी

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

इन केन्द्रों में जैव विविधता को अध्ययन और संरक्षण करने के साथ ही विद्यार्थियों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा